प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियों की समीक्षा की जानी चाहिए

उन्होंने कहा कि भारत ने अपने वन आच्छादित क्षेत्र का विस्तार किया है और अपनी जैव विविधता को भी संरक्षित कर रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड महामारी के कारण अस्थिरता के बावजूद आर्थिक सुधारों की गति पर प्रसन्नता व्यक्त की है नई दिल्ली में कल भारतीय उद्योग और वाणिज्य मण्डल परिसंघ फिक्की की वार्षिक महासभा में श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक संकेतकों से नयी आशाएं जगी हैं और देश ने संकट के इस दौर में बहत कृछ सीखा है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 प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण भारत में जबर्दस्त बदलाव हो रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक हो गई है उन्होंने कहा कि देश के आधे से अधिक स्टार्टअप द्रसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि आज किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ साथ उनके बाहर भी बेच सकते हैं और डिजिटल मंच के जरिए भी कृषि उपज की बिक्री की जा सकती है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम ने देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है क्योंकि इसमें बीमारियों से बचाव पर अधिक ध्यान दिया गया है कल पूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत सरकार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के लिए सस्ती और स्त्री स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रही है

केंद्रीय क्रषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केन्द्र किसानों के समग्र विकास और देश में कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए हर संभव कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए सुधारों से देश में किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है श्री तोमर ने कहा कि आईटी क्षेत्र के इस्तेमाल से सरकार किसानों के लिए उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिए संचार के आध्निक साधनों का उपयोग कर रही है देश में किसानों के डेटा बैंक बनाए जाने के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि इसका उपयोग किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में सूचित करने बाढ़ की भविष्यवाणी और कृषि क्षेत्रों के भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए किया जाएगा श्री तोमर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभप्रद बनाने के साथ ही किसानों के लिए आय सुनिश्चित करना है

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में कृषि के लिए बुनियादी ढाँचा बनाने के वास्ते एक लाख करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा रहा है

कृषि कानून की विशेषताओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए यह सम्मेलन किया जा रहा है इसके लिए प्रभारी घोषित कर दिये गए हैं राज्य सरकार की नियोजन नीति रदद करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक से सर्वोच्च न्यायालय ने कल इनकार कर दिया न्यायाधीश इंदु मलहोत्रा और सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने प्रार्थी और हस्तक्षेपकर्ता की दलील सुनने के बाद कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के पूरे आदेश पर रोक लगाना उचित नहीं होगा राज्य के अनुसूचित जिले में पंचायत सचिव नियुक्ति परीक्षा की उम्मीद्वार सुष्मिता मंडल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है

अच्छी बात यह है कि कोरोना संकमितों के स्वस्थ होने की दर संतानवें दशमलव छह छह प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है

इस समय इलाज करा रहे रोगियों की संख्या संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों के मुकाबले सिर्फ तीन दशमलव छह छह प्रतिशत है

इस समय भारत में महामारी से मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है

यह छूट अगले साल पहली जनवरी से उपलब्ध होगी खिलौनों की बिक्री और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार के उद्योग और आन्तरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है

जहां करीब छह हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे आज होने वाली प्रारंभिक चरण की परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे मुख्य परीक्षा एनसीईआरटी द्वारा ली जायेगी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को कक्षा नौ से बारहवीं तक एक हजार दो सौ पचास रूपये प्रतिमाह और स्नातक तथा स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई के लिए दो हजार रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में कल से मौसम में बदलाव हुआ है कल कई जिलों में बुंदा बांदी भी हुई राजस्थान के पास पश्चिमी विक्षोभ से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है इस वजह से अरब सागर में नमी है यह नमी राजस्थान महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश होते हुए झारखंड की ओर आ रहा है इस कारण आकाश में बादल छाये हुए हैं आनेवाले दिनों में बारिश होने के भी अनुमान है मौसम विभाग रांची के अनुसार अभी जो आकाश में बादल बना हुआ है इसका असर सोलह दिसंबर तक रह सकता है इस दौरान कहीं कहीं अच्छी और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और तापमान में गिरावट आ सकती है और आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से छापा है राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों की खबरों को प्रमुखता से लिया है वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कृषि सुधारों से किसान समृद्ध होंगे दैनिक प्रभात खबर ने कृषि कानून को लेकर सुर्खी बनायी है कि प्रधानमंत्री ने कहा किसानों के हित में है केन्द्र की नीति नीयत दैनिक हिन्दुस्तान ने झारखंड में नियोजन नीति रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के इनकार की खबर पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा हम लोगों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के विरोधी पति पत्नी ही यह तय करे कि कितने बच्चें हों दैनिक जागरण ने भी झारखंड में नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है रांची एक्सप्रेस ने फिक्की की वार्षिक आम बैठक में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को कृषि क्षेत्र में निवेश करने का किया आह्वान इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने भी प्रधानमंत्री द्वारा फिक्की की वार्षिक आम बैठक की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है